इस चरण में अब तक चार लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं

इस आयु वर्ग के लोग टीके लगवाने के लिए कोविन ऐप और आरोग्य सेतु ऐप पर पंजीकरण करा सकते हैं प्रदेश में कोविड टीकाकरण का अभियान जारी है अब तक कुल एक करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार पांच सौ उनहत्तर लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है इनमें से एक करोड़ चार लाख तिरसठ हजार तैतीस लोगों को टीके की पहली खुराक और चौबीस लाख पचास हजार पांच सौ छत्तीस लोगों को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है

प्रदेश में कोरोना के मामलों में गिरावट जारी है जबकि ठीक होने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है

सक्रिय मामलों की संख्या घट कर दो लाख बहत्तर हजार पांच सौ अड़सठ हो गयी है प्रदेश में कोविड नमूनों की जांच का कार्य तेजी से चल रहा है कल एक दिन में दो लाख आठ हजार पांच सौ अट्ठावन नमूनों की जांच की गयी इनमें से एक लाख अट्ठारह हजार जांच आरटीपीसीआर विधि से की गयी जिसमें अट्ठारह हजार जांच निजी प्रयोगशालाओं में हुयीं अब तक कुल चार करोड़ अट्ठारह लाख दो सौ तेईस नमूनों की जांच की जा चुकी है प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में लगा कर्फ्यू दो और दिन बढ़ाने का फैसला किया है

कर्फ्यू आज सुबह समाप्त हो रहा था केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी केन्द्रीय सहायता प्राप्त संस्थाओं से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए मई में निर्घारित सभी ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने संस्थाओं के प्रमुखों को लिखे पत्र में ऑफलाइन परीक्षाएं स्थगित करने को कहा है ऑनलाइन परीक्षाएं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेंगी पत्र में यह भी कहा गया है कि जून के प्रथम सप्ताह में इस निर्णय की समीक्षा की जाएगी सभी संस्थाओं से पात्र व्यक्तियों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करने और इस संबंध में हर संभव सहायता उपलब्ध कराने को कहा गया है गोरखपुर में कुछ कोविड अस्पतालों और निजी प्रयोगशालाओं में कोविड जांच के लिये शासन की ओर से निर्धारित दरों से अधिक धनराशि लेने की शिकायतों की जांच के लिये मण्डलायुक्त ने चार सदस्यीय टीम का गठन किया है इस जांच दल की अध्यक्षता अपर आयुक्त न्यायिक को साँपी गयी है उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में शिकायत करना चाहता है तो वह उनके वाट्सऐप नम्बर नौ छ चार आठ तीन शुन्य पांच छ आठ एक पर सूचना दे सकता है झारखण्ड के जमशेदपुर से ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस आज लखनऊ पहुंच गयी अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि दस बड़े कटेनरों में अस्सी मीट्रिक टन ऑक्सीजन है इनमें से चार टैंकर कानपुर और छ टैंकर लखनऊ भेजे जा रहे हैं